महाराष्ट्र उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र राजनीति संकट से जुड़े मसले पर कल फैसला सुनाएगा न्यायमूर्ति एनवी रमन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की विशेष पीठ ने आज सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया

संविधान दिवस कल संविधान दिवस है

राष्ट्रपतिं राम नाथ कोविंद इस बैठक को संबोधित करेंगे इस अवसर पर श्री कोविंद संसद के केंद्रीय हॉल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे

संविधान दिवस पर नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए कल प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे भोपाल रिथित राजभवन में संविधान दिवस पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सभी खंडपीठ के न्यायाधीशों सहित समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामिल होंगे

इस अवसर पर संविधान की उददेशिका का वाचन किया जायेगा कल सभी विश्वविद्यालयों में भी संविधान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

गुना शिवपुरी रायसेन विदिशा आगरमालवा सीहोर नरसिंहपुर जबलपुर नीमच बड़वानी सहित विभिन्न जिलों में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे विविअध्यापक पद केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने आज लोकसभा में बताया कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग तीस हजार अध्यापकों के पद खाली हैं उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि खाली पदों को जल्द से जल्द भरें शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों से ऐसे अनुबंधित अध्यापकों का पैनल तैयार करने के लिए दिशा निर्देश बनाने को कहा है जो विख्यात शिक्षकों तथा एम फिल और पीएचडी के लिए योग्य शोधकर्ताओं पर आधारित हो

उन्होंने बताया कि ज्यादातर आरोपी भिंड मुरैना दतिया ग्वालियर भोपाल और उत्तरप्रदेश के थे

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधी श्री जोशी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर केन्द्रीय मंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डे अंत्येष्टी में शामिल होने के लिये पहुंचे श्री जोशी का कल भोपाल के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था

राज्य सरकार ने उनके निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता मुख्यमंत्री कमल नाथ ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राष्ट्रीय खेलकृद प्रतियोगिता के प्रतीक चिह्न एवं शुभांकर का आज मंत्रालय में अनावरण किया

मुख्यमंत्री ने खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन और इसमें भाग ले रहे प्रतिभागियों को श्भकामनाएँ दीं मुख्यमंत्री द्वारा एकलव्य राष्ट्रीय खेलकृद प्रतियोगिता के लिए जारी प्रतीक चिह्न महाभारत के पात्र एकलव्य की प्रतिकृति पर आधारित है चित्र में एकलव्य शक्ति समर्पण निष्ठा एवं निडरता को प्रदर्शित करता है इसके आस पास हरे रंग का गोल आवरण प्रकृति और पृथ्वी को इंगित करता है यह प्रकृति को संरक्षित करने की भी प्रेरणा देता है प्रतीक चिह्न में अंकित पीला रंग खुशी सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक है

चार दिवसीय इस धार्मिक समागम में कई देशों की जमातों के साथ लाखों लोग आए थे चार दिन तक लोगों ने सिर्फ मजहब पर कुरआन के जानकार लोगों के बयान सुने

इस बार इज्तिमे में कई नवाचार भी किये गये यहां निकलने वाले कचरे से गैस बनाई गई जिसका इस्तेमाल यहां पहचे श्रद्वालुओं के भोजन बनाने में किया गया इज्तिमे के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूर्णतः प्रतिबंधित था

आदेश जारी होने के साथ ही इसके परिसिमन का कार्य भी शुरू कर दिया गया है

इस दौरान पर्यावरण बचाओ प्लास्टिक हटाओ का संदेश भी दिया गया

इस सड़क दुर्घटना में तीन महिलाओं सहित चार लोगों की मृत्यु हो गई